आज सबसे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक सक्सेना ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाना शुरू किया सबसे पहले शपथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रहण की

विपक्षी दल भाजपा की ओर से विजय शाह ने नामांकनपत्र भरा विधानसभा सत्र के पहले दिन जब श्री प्रजापति ने नामांकन पत्र दाखिल किया मुख्यमंत्री कमलनाथ और संसदीय कार्य मंत्री डॉ गोविंद सिंह भी वहां मौजूद थे वहीं कुछ देर बाद श्री विजय शाह ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकनपत्र का पर्चा दाखिल किया इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र भी मौजूद थे इसके पूर्व प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने विजय शाह को पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया कांग्रेस श्री प्रजापति को पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर च्की थी विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव कल होगा अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार होने के कारण कल इसको लेकर मतदान भी होगा इसी दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण भी होगा

इससे पहले कल भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई जिसमें सत्र को लेकर रणनीति तैयार की गई

वंदेमातरम गायन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के आला नेताओं ने आज नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के शुरु होने के पहले राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय परिसर में वंदेमातरम का गायन किया प्रदेश में इस वर्ष महीने की पहली तारीख को मंत्रालय में वंदेमातरम गायन की परंपरा का पालन नहीं होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसका तीखा विरोध किया था सामूहिक गायन के बाद श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चूंकि वंदेमातरम गायन को फिर से नए स्वरूप में शुरु करने का फैसला ले लिया है इसलिए भाजपा ने विधानसभा तक के मार्च को स्थगित कर दिया है नवोदय विद्यालय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नवोदय विद्यालयों में पांच हजार सीटें बढ़ाने की घोषणा की है श्री जावेडकर ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूल व्यवस्था को मजबूत बनाने और निर्धन प्रतिभाओं को शिक्षा का अवसर देने के लिए यह कदम उठाया है जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले चार साल में नौ हज़ार सीटें बढ़ाई जा चुकी है

उन्होंने कहा कि मेडीकल कॉलेज के बन जाने से डॉक्टरों की कमी भी दूर हो जायेगी उन्होंने कहा कि शिवपुरी में अब ग्वालियर और इंदौर के समान ही लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी दुर्घटना टली पन्ना जिला मुख्यालय के समीप सतना छतरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्मृति वन के पास एक टूरिस्ट बस में अचानक आग लगने से बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई हालांकि इस घटना में सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया जिससे वे बाल बाल बच गए हैं पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि कल देर रात बस में आग लगने की घटना में कोई जनहानि नहीं हई

मौसम प्रदेश के अनेक स्थानों पर कोहरे के चलते ठंड के तेवर फिर से तल्ख हो गए इस बीच राजधानी भोपाल में तीन डिग्री तक पारा लुढ़का वहीं प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर एक से दो डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार पहाड़ों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में हई बारिश के चलते प्रदेश के मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है हालांकि कल रात में रीवा और जबलपुर संभागों के कुछ स्थानों में अचानक मौसम बदल गया और हल्की ब्रंदाबांदी भी हुयी सुबह सुबह प्रदेश के उत्तर इलाकों के साथ पूर्वोत्तर के अनेक हिस्सों के अलावा भोपाल और इंदौर संभाग में कहीं कहीं कोहरा देखा गया जिसके चलते ठंड के तेवर बदल गए मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक अभी मौसम इसी तरह का बना रहेगा